बुनियादी ढांचे का विकास भारत को पचास खरब डालर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना किसान कल्याण और जल सुरक्षा बजट की मुख्य बातें हैं भारत की अर्थव्यवस्था को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए बजट में ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाने विभिन्न प्रकार के संपर्क के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने भारत की आंतरिक क्षमताओं के उपयोग और सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के विकास का लक्ष्य रखा गया है दो करोड़ रूपये तक की व्यक्तिगत आमदनी पर आयकर में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है दो करोड़ से पांच करोड़ रूपये की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर लगने वाले अधिभार में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है पांच करोड़ से अधिक कर योग्य आय पर अधिभार में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है

सड़क रेल जल परिवहन और हवाई संपर्क बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं

ये बजट आशा विश्वास और आकांक्षा का बजट है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे प्रगतिशील विकासोन्नमुखी और आगामी पांच वर्षों में एक विकसित भारत की परिकल्पना बताया है आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए बजट आबंटन में छः दशमलव तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है जयराम ठाकुर ने इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए पैंशन योजना आरंभ करना ऐतिहासिक कदम है भारत माला परियोजना के दूसरे चरण के तहत राज्यों में सड़क नेटवर्क को सुदृढ और इनके रखरखाव के लिए नई नीति बनाने के निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को लाभ मिलेगा

वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि केंद्रीय आम बजट भारत को आर्थिक विश्व शक्ति बनने की राह पर अग्रसर करेगा हमीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि बजट बेहद संतुलित और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने वाला है उन्होंने गांव गरीब और किसान के हितों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किए गए बजट की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है कांग्रेस प्रतिक्रिया दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि इसमें कुछ नया नहीं है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के विकास के लिए बजट में कोई भी योजना नहीं है और विदेशी निवेश पर जोर दिया गया है उन्होंने कहा कि देश की अपनी बाजार व्यवस्था को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है राठौर ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में एफडीआई का विरोध करने वाली भाजपा सरकार आज देश में इसी को बढ़ावा दे रही है

नमस्कार